कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और ंतीन आसान उपायों का पालन करें

यह संयंत्र लगाने के लिए राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी श्री मोदी ने संबंधित अधिकारियों को जल्दी से जल्दी इन प्रेशर स्विंग एडजॉर्पशन मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्रों को शुरू करने के आदेश दिए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मुख्यालय में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में यह संयंत्र लगाए जाएंगे इससे जिलों के सरकारी अस्पतालों में अचानक ऑक्सीजन की कमी की समस्या नहीं होगी और उन्हें कोविड तथा अन्य रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए निर्वाध रूप से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी

सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष तौर पर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्यता बढाने के लिए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में नौ उद्योगों को दी गई छट वापस ले ली गई है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस संबंध में पत्र लिखा है श्री भल्ला ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अधिक से अधिक उत्पादन करने तथा इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है तरल ऑक्सीजन मौजुदा सारा भंडार भी सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे इसका चिकित्सा में प्रयोग किया जा सके श्री भल्ला ने कहा तरल ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में किसी उद्योग को कोई छूट नहीं दी गई है

इस कोटे में निजी क्षेत्र भी आ सकेंगे ताकि संयुक्त प्रयासों से हर वयस्क को जल्द से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया सके केंद्र सरकार के माध्यम से टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा और इसका सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी सरकारी माध्यम के अलावा निजी क्षेत्र के जरिए भी बड़ी संख्या में लोगों को तेजी से टीके लगाने की सुविधा मिलेगी डॉ हर्षकर्धन ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसी को सीधे तौर पर टीके नहीं देती

केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाना कि उसे सस्ते दाम पर टीके मिल रहे हैं और राज्यों को नहीं पूरी तरह से गलत है उन्होंने कहा कि राज्यों को गारंटी मात्रा में मुफ्त टीकों की आपूर्ति हो रही है तथा वे लोगों की आवश्यकता अनुसार अन्य माध्यमों से भी टीके खरीद सकते हैं सलाह केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण ग्रस्त जिलों में कड़ी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने की सलाह दी है

मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सख्ती लाने को कहा है जहां संक्रमण में बहत बढ़ोतरी हो रही हो सरकार ने राज्यों से महामारी पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट जिलों शहरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए त्वरित और लक्षित कार्रवाई करने को कहा है

इन दोनों में से एक भी स्थिति वाले जिलो में कड़ी कार्रवाई और कंटेनमेंट उपाय किए जा सकते हैं

मंत्रालय ने कहा है कि नियंत्रण क्षेत्र की सीमा स्पष्ट निर्धारित की जाएगी और नियंत्रण के कई उपाय किए जाएंगे ताकि संक्रमण बाहर न फैले सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक धार्मिक आयोजनों से जुड़ी सभाओं और सम्मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा

मुख्यमंत्री अपील मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वह कोरोना से बचाव के लिए कोविड प्रटोकाल का अनुपालन करें

इसके साथ ही आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को भी आवागमन की छट रहेगी

सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जूड़े हए कार्मिक मजदूरों और निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छट रहेगी रेस्टोरेन्ट और मिठाई की दकानों से होमडिलिवरी की जा सकती है

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर समस्त शासकीय व अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे

जिले के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्क्याल ने बताया है कि इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है आक्सीजन उत्पादन बीएचईएल की हरिद्वार इकाई के दो ऑक्सीजन प्लांटों ने ऑक्सीजन उत्पादन शुरू कर दिया है भेल के अपर महाप्रबंधक नवीन कौल ने बताया कि भेल ने कई राज्यों में इसकी सप्लाई भी शुरू कर दी है उन्होंने बताया कि जब तक ऑक्सीजन की कमी दूर नहीं होती तब तक बीएचईएल ऑक्सीजन सिर्फ मेडिकल के लिए ही यूज करेगा उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऑक्सीजन विपदा की इस घड़ी में आक्सीजन की काला बाजारी न करें निरीक्षण प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच विंधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने आज जिला अस्पताल पहुॅच कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया श्री चौहान ने अस्पताल परिसर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए और टीकाकरण व्यवस्था और आईसीयू वार्ड निरीक्षण किया

निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट बनाने का कार्य गतिमान है और उसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है बैठक बागेश्वर जिले के जिलाधिकारी विनीत कमार ने अधिकारियों को सेवारत एवं पूर्व सैनिको की समस्याओं का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिये यह निर्देश आज जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय पर आयोजित एक बैठक के दौरान दिए उन्होने कहा कि सैनिक विपरित परिस्थतियों में देश की सुरक्षा के लिए अपनॉ पूर्ण योगदान देते है इसलिए उनकी समस्याओं का वरीयता के आधार पर समय से निस्तारण किया जाए